प्रधानमंत्री कल भिलाई से वीडियो लिंक के जरिये रायपुर से जगदलपुर के बीच यात्री विमान सेवा का भी करेंगे शुभारंभ बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने अलग अलग स्थानों से उन्नीस माओवादियों को किया गिरफ्तार

श्री मोदी इस दौरान नया रायपुर और भिलाई नगर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीते लगभग तीन वर्ष में श्री मोदी का यह पांचवा छत्तीसगढ़ प्रवास होगा इतना ही नहीं बल्कि महज दो माह के भीतर छत्तीसगढ़ में उनकी यह दूसरी यात्रा होगी अपने पांचवे प्रवास के दौरान श्री मोदी कल भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम में दोपहर साढ़े बारह बजे बजे आमसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर वीडियो लिंक के जरिये केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत रायपुर से जगदलपुर के बीच यात्री विमान सेवा का श्भारंभ भी करेंगे इसके साथ ही प्रदेश का आदिवासी बहल बस्तर संभाग देश के हवाई यातायात के मानचित्र में शामिल हो जाएगा इसके अलावा श्री मोदी भिलाई इस्पात संयंत्र के आध्निकीकरण और विस्तारीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण का भूमिपूजन भी करेंगे वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे श्री मोदी भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सूचना क्रांति योजना के तहत प्रतीक स्वरूप पांच विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करेंगे वे प्रधानमंत्री मातु वंदना योजना स्टैंडअप और मुद्रा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और राज्य सरकार की ई रिक्शा वितरण योजना के तहत प्रतीक स्वरूप कुछ हितग्राहियों को प्रमाण पत्र चेक और सामग्री का भी वितरण करेंगे

नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित इस केंद्र को जीआईएस प्लेटफॉर्म की मदद से संचालित किया जाएगा इसके जरिये नया रायपुर स्मार्ट सिटी के नागरिक बिजली पानी आदि की असुविधा होने पर अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबरों पर दर्ज करा सकेंगे इस केंद्र के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं की निगरानी की जाएगी साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का डेटा भी यहां रखा जाएगा प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए नया रायपुर और भिलाई में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं होटल लॉज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस लगातार जांच कर रही है मुख्यमंत्री जायजाधन्यवाद रैली इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज नया रायपुर स्थित कमांड एन्ड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया प्रधानमंत्री कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में है दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा कल भिलाई में आईआईटी और बीएसपी विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का शुभारंभ किए जाने के उपलक्ष्य में आज भिलाई में धन्यवाद साइकिल रैली निकाली गई इसकी अगुवाई केबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने की यह रैली सेक्टर नौ से शुरू होकर सेंट्रल एवेन्यू होती हुई बोरिया मार्केट पहुंची प्रधानमंत्री योग अपील प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि वे रोजाना थोड़ा वक्त खुद को चुस्त दुरस्त रखने में लगाएं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकरात्मक बदलाव आएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योगाभ्यास के अलावा पंचतत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बने ट्रैक पर चहल कदमी करते हैं

इन माओवादियों पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है नारायणपुर जिले से एक महिला सहित सोलह माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल ने इन माओवादियों को पुंगरपाल तोयमेटा मुसनार और इरपानार से गिरफ्तार किया है

वहीं बीजापुर जिले से मिलिशिया कमांडर सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है सुरक्षा बलों की टीम नियमित गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इसके अलावा कोंडागांव के कान्हागांव सड़क निर्माण क्षेत्र से दो आईईडी बरामद किए गए हैं आईटीबीपी बीडीएस जिला पुलिस बल और डीआरजी की सयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान इन विस्फोटक को बरामद किया ये विस्फोटक माओवादियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाए गए थे इन विस्फोटकों को सफलतापूवर्क मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया ट्रेन प्रभावित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायगढ़ रेलमार्ग पर बीस जून से पंद्रह दिनों तक मेगा ब्लॉक रहेगा इसकी वजह से मुंबई हावड़ा मुख्य रेलमार्ग सहित अन्य दूसरे मार्गों की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा इसके अलावा दुर्ग कलमना रेलमार्ग पर भी ब्लॉक होने की वजह से आगामी अट्ठाईस जुलाई तक कई ट्रेनें विलंब से चलेंगी रायगढ़ और किरोड़ीमल नगर स्टेशन के बीच यार्ड का आध्रनिकीकरण का कार्य होगा वहीं चांपा झारसुगड़ा सेक्शन में तीसरी रेललाइन यार्ड को जोड़ा जाएगा ये कार्य आगामी चार जुलाई तक चलेंगे बीस जून से चार जुलाई तक रायगढ़ सेक्शन में पंद्रह ट्रेनें रद्द रहेंगी और पांच से अधिक ट्रेनों को नियंत्रित किया जाएगा सुपेबेड़ा मौत गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में कथित रूप से किडनी की बीमारी से आज एक और महिला की मृत्यु हो गई वहीं एक अन्य ग्रामीण भी गंभीर रूप से बीमार बताया जाता है जिसे इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है हमारे संवाददाता के अनुसार महिला का इलाज बीते एक हफ्ते से देवभोग के अस्पताल में चल रहा था

बताया जाता है कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से अब तक साठ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जीएसटी रिफंड प्रदेश में जीएसटी रिफंड के लिए चलाए जा रहे अभियान का कल अंतिम दिन है इसके तहत ऐसे सभी कारोबारियों को सूचना दी गई है जिनकी ओर से जीएसटी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है राज्य कर आयुक्त ने बताया कि ऐसे कारोबारी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेजों के साथ उनके क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं इससे उन्हें नियमों के अनुसार रिफंड मिल सकेगा डाकघर गबन कोरिया जिले में डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक की राशि के गबन के मामले में उप डाकपाल को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के अनुसार जनकपुर उप डाकघर में खातों से फर्जी निकासी की शिकायत मिली थी इस मामले की जांच के लिए गठित टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में कल जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा

जांजगीर के छीतापड़रिया गांव में जंगली सुअर के हमले में चार ग्रामीण घायल हो गए हैं इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं

रायपुर पुलिस ने ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दस लैपटॉप तेईस मोबाइल तीन पासपोर्ट और नगद राशि बरामद किए गए हैं गिरोह के सदस्यों पर राजधानी की एक महिला से सात लाख रूपये की ठगी का आरोप है